उन्होंने कहा कि जल संकट का न केवल लोगों तथा परिवारों पर बल्कि देश और उसके विकास पर भी विपरीत असर पड़ता है इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि जल प्रबंधन समय की जरूरत है क्योंकि देश के विभिन्न क्षेत्रों में भूजल का स्तर नीचे गिरता जा रहा है जल शक्ति मंत्री ने कहा अटल भूजल योजना का मूलाधार यही है कि गांव अपने क्षेत्र के भूजल का प्रबंधन करें गौरतलब है कि केन्द्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में छह हजार करोड़ रुपये की इस योजना को मंजूरी दी गयी थी

कल सीकर के पलसाना में कांग्रेस के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष नारायण सिंह के अभिनन्दन समारोह में उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता की अपेक्षा पर खरी उतरी है और पंचायतीराज के विकास के लिए कई योजनाएं बनायी गयी हैं

जहां सेना के अधिकारियों ने उन्हें पृष्पचक अर्पित कर श्रद्धाजंलि दी अब से कुछ देर बाद शहीद का पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव बरोली ब्राह्मण में अंतिम संस्कार किया जायेगा

राज्य कर अधिकारी राजकमल विश्नोई ने बताया कि सुजानगढ के पास राजस्थान हरियाणा सीमा पर पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक ट्रक से ये तांबा बरामद किया

ग्रहण का ज्यादा असर देश के दक्षिणी भागों में रहेगा राजस्थान में भी आंशिक रूप से सूर्य ग्रहण देखा जा सकेगा इस दौरान मंदिरों में दान पूण्य किया जायेगा राजसमंद स्थित श्रीनाथजी मंदिर ग्रहण काल के दौरान भी दर्शन के लिए खुला रहेगा

प्रधानमंत्री ने इस कार्यकम के लिए लोगों से अपने विचार साझा करने को कहा है

शिक्षा राज्यमंत्री भंवर सिंह भाटी ने कल बीकानेर में बताया कि योजना की मंजूरी अंतिम चरण में है

शेखावाटी क्षेत्र में पड रही तेज सर्दी से जनजीवन प्रभावित हो रहा है वहां दिन में भी लोगों को अलाव जलाते देखा जा रहा है मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश के करीब दस जिलों में अगले चार पांच दिनों में शीतलहर के साथ सर्दी का असर बना रहेगा